केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी पुलिस अधीक्षकों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश

गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य सभा में इस संबंध में एक संकल्प पेश किया जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है

अब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा विधान सभा के नाम से जानी जायेगी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया है

विभिन्न स्थानों पर लोगों ने आतिशबाज़ी कर इस फैसले को लेकर जश्न मनाया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पूरा देश एक हो इस दिशा में ये आवश्यक कदम है उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर राज्य के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय एकता व अखंडता भी सुदृढ़ होगी

उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में समानता सुरक्षा और समुद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

सामाजिक अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सभी राजनीतिक दलों से देशहित के इस निर्णय का स्वागत और समर्थन करने की अपील की है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भारतीय लोकतंत्र के लिए आज के दिन को स्वर्णिम बताते हुए इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है

आकाशवाणी से बातचीत में लोगों ने बताया कि अब जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़कर विकास करेगा

गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर हरंसभव अंकृश लगाया जाये देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने को कहा गया है इधर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है जम्मू कश्मीर के साथ लगते कांगड़ा और चम्बा ज़िले के पुलिस अधीक्षकों को विशेष सावधानी बरतने और चैक पोस्टों की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का डेढ़ वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल देश के अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक के रूप में उभरा है स्थानीय विधायक पवन नैय्यर ने विभिन्न परियोजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं में आज जनसमस्याएं सुनी उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मसैरना डकरैत पुनर सड़क के विस्तार व सुधारीकरण के लिए तीन करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और ये कार्य जल्द शुरू किया जाएगा बाद में विपिन परमार ने पपरोला में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि समिति के धन का दुरुपयोग किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए

उन्होंने सभी विद्यालयों को बधाई देते हुए लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता कायम रखने में सरकार के प्रयासों में सहयोग का आहवान किया इस दौरान राजीव सैजल ने कसौली गड़खल और समोल पंचायतों में पौधरोपण अभियान में भी शिरकत की बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने समाज के समग्र विकास के लिए लैंगिक समानता को महत्वपूर्ण बताया है शिमला में आज लैंगिक समानता व बराबर भागीदारी विषय पर एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि सभी को महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्व है और इस दिशा में अनेक सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है जल शक्ति भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने जल संरक्षण का संदेश देने के लिए आज रिकांगपिओ में जल शक्ति अभियान चलाया वाहिनी के कमांडेंट अर्जुन सिंह नेगी ने अभियान का शुभारंभ किया